अब इस बिल को इन संशोधनों के साथ दोनो सदनों के पटल पर लाया जायेगा

इसका उद्देश्य राज्यों के बीच जल विवादों को तेजी से और कुशलतापूर्वक निपटाना है

प्रस्तावित कानून दस या उससे अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होगा केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण की स्वीकृति दे दी है नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस योजना के तहत आवासीय बस्तियों को ग्रामीण कृषि बाजारों माध्यमिक स्क्रलों और अस्पतालों को जोड़ने का कार्य किया जाएगा

उच्चतम न्यायालय अयोध्या मामले पर आज सुनवाई करेगा प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की पीठ में ये सुनवाई होगी

यह धारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करती है और वहां के लिए देश की संसद को कानून बनाने से रोकती है उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी अदालतों के परिसरों में समयबद्व तरीके से सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्देश दिया है अदालत ने यह निर्देश एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिये अदालत ने अधीनस्थ न्यायालयों में सुरक्षा व्यवस्था में खामियों पर चिंता प्रकट करते हुए राज्य सरकार को सभी जिला न्यायाधीशों के आवास पर प्रलिस गार्ड तैनात करने और न्यायिक अधिकारियों के लिए तुरंत उचित सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं

वहीं सीकर के नीमकाथाना में अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दो लोगों ने दम तोड दिया

बंद योजनाएं फिर से शुरू की सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कई नई योजनाएं लाने की घोषणा भी की बजट में मुख्यमंत्री ने किसी नये कर का प्रस्ताव नहीं किया बजट को जहां सत्ता पक्ष ने बेहतर बताया है वहीं विपक्ष ने इस बजट को निराशाजनक ठहराया चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा कि बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और कांग्रेस ने जो वादा किया उसे निभाने की ओर कदम बढाया है

प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि जब सदन चल रहा है तब भी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढा दिये वहीं गैस पर भी सरकार ने वैट में बढोतरी कर दी है

उन्होंने कहा कि ऐसा करते हुए सार्वजनिक खर्च को लेकर कोई समझौता नहीं किया गया है वित्त मंत्री ने आशा व्यक्त की कि सदन में अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर और अधिक ध्यान दिया जाएगा आज विश्व जनसंख्या दिवस है आज से तीस साल पहले दुनिया की आबादी के पांच सौ करोड तक पहुंचने पर संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को मनाने की शुरूआत की थी इस दिन को मनाने का उद्देश्य आबादी को नियंत्रित करना और इससे पैदा हुई समस्याओं का हल खोजना है इस अवसर पर प्रदेशभर में बढती आबादी के मुद्दे के प्रति जागरूकता लाने के लिये कई कार्यकम हो रहे है

उस समय ऐसा करने वाला भारत पहला देश था पूरी दुनिया में आबादी का वितरण असंतुलित है असमानता आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसे कारणों से कहीं पर आबादी की बढोतरी चिंता का विषय है तो कहीं पर घटती आबादी को लेकर भी चिंता प्रकट की जा रही है जयपुर के शास्त्रीनगर में दो बच्चियों से दुष्कर्म करने के आरोपी जीवाणु की शिनाख्त कर ली गई है सात वर्षीय बच्ची ने कल जेल परिसर में जीवाणु की शिनाख्त की अब पुलिस उसके खिलाफ आरोप पत्र तैयार कर रही है और मामले को अदालत में पेश करने की तैयारी में जुट गई है

इसके साथ ही भारत विश्व कप से बाहर हो गया है

दूसरे सेमीफाइल में आज बर्भिंघम में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर तीन बजे शुरू होगा